गुर्जर आरक्षण आंदोलन का असर प्रदेश के कई जिलों में

कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय महाधिवेशन कल से अजमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे उद्घाटन

रोबर्ट वाड्रा आज ईडी के समक्ष पेश हुए हैं

वह राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर पूछताछ के लिये जयपुर आए हैं

इससे इस मार्ग पर भरतपुर आगरा अलीगढ धौलपुर हिंडौन और करौली के लिए जाने वाली रोडवेज की बसों के साथ सभी तरह के वाहनों के पहिए थम गये है इस मार्ग पर रोडवेज ने बसों का संचालन बंद कर दिया है दौसा जिले के गाजीपुर मोड पर भी जाम लगा दिये जाने से महआ हिंडोन मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है

सवाईमाधोपुर में आंदोलनकारियों ने गंगापुरसिटी लालसोट मार्ग पर भी खेडली के पास जाम लगा दिया है इससे पहले कल जिले को मध्यप्रदेश से जोड़ने वाला मार्ग भी कुशालीपुरा दर्रा के पास अवरूद्ध कर दिया गया था मलारनाडुंगर में गुर्जर समाज के सैंकडों लोग लगातार आज पांचवे दिन भी पटरियों पर डटे हुए हैं इसके चलते कई प्रमुख रेल सेवाएं रद्द कर दी गयी हैं और कई रेल सेवाओं के मार्ग में बदलाव कर दिया गया है ऐहतियात के तौर पर मलारनाड्रंगर स्टेषन पर पुलिस बल बढा दिया गया है

उधर धौलपुर में निषेधाज्ञा के चलते जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है वहीं आरक्षण की मांग को लेकर कल झुंझुनूं के खेतड़ी के निजामपुर मोड़ सर्किल पर गुर्जर समाज के लोगों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया घटना की सूचना मिलने पर खेतड़ी सिंघाना बुहाना पचेरीकलां और खेतड़ीनगर थानों से पुलिस बल मौके पर भेजा गया और निजामपुर मोड़ पर तैनात कर दिया गया

हमारे संवाददाता ने बताया कि मुकंदरा रिजर्व के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है और यहां तीसरे बाघ का आगमन वन्य जीव प्रेमियों के लिये खुश खबर लाया है

श्री शाह अपने प्रवास के दौरान जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण और सीकर लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केन्द्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे